करगिल विजय दिवस के कल बीस वर्ष पूरे होने पर राष्ट्र ने शहीदों को दी श्रद्वाजंलि लोकसभा में कम्पनी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित विधेयक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुपालन को कड़ा बनाने का प्रावधान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर रूक रूक कर हो रही है वर्षा मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की जारी की चेतावनी प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई विधानमंडल का यह अल्पकालीन मानसून सत्र विगत अट्गरह जुलाई को शुरू हुआ था इस दौरान सात उपवेशन आयोजित हुए

विघानसभा में कल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस उत्तर प्रदेश का राज्य सम्प्रतीक अनुचित प्रयोग का निषेच विधेयक दो हजार उन्नीस के साथ साथ कई अन्य विधेयक पारित हुए इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निर्धारित कार्यसूची पूरा करने के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया उधर विधान परिषद में प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जब तक स्थाई शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाया जायेगा

उन्होंने बताया कि मनरेगा के बजट को उपयोगिता के मद्देनजर साढ़े सात हजार करोड़ कर दिया गया है कल की कार्रवाई पूरी होने के बाद विधान परिषद की कार्यवाही को भी सभापति ने अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया कारगिल विजय के बीस वर्ष पूरे होने पर कल देश भर में विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया उन्नीस सौ निन्यानवे में करगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था करगिल युद्व साठ दिन से अधिक समय तक चला इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना नवहर्ष और नव निर्माण सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल श्रीनगर के बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की उपराष्ट्रापति एम वेंकैया नायडू ने कारगिल विजय दिवस पर देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्वांजलि दी है श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कारगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मात्भूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें अपने सैनिकों के साहस वीरता और सर्म्पण की याद दिलाता है प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने करगिल दौरे के कुछ चित्र भी साझा किए हैं और सैनिकों के साथ अपनी बातचीत को अविस्मरणीय बताया है प्रधानमंत्री ने दो हजार पन्द्रह में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की दसवीं कड़ी में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम और गौरव का उल्लेख किया था उन्होंने जान की परवाह न करके दुश्मन के प्रयासों को विफल करने वाले शूरवीरों को नमन किया था कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया ये युद्ध उन माताओं और बहनों ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुस्मनों से लड़ रहा था बेटियां ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेंहदी नहीं उतरी थी पिता ने लड़ा कि अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्व स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की लोकसभा में भी रक्षामंत्री ने शहीदों को नमन किया हम सभी देशवासियों को अपनी देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है क्योंकि करगिल विजय दिवस है तो मैं उन सारे जवानों को जिन्हांने अपने शोर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है उनकी स्मृति को श्रद्वापूर्वक नमन करता हूं

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर जनरल विपिन रावत ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्व का समर्थन जारी रखेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई फिर की जाएगी प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्व के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया

शहीदों को नमन करते हए राज्यपाल ने कहा कि कारगिल विजय ने भारतीय सेना की श्रेष्ठता सिद्व की मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की स्मृति का दिन है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को नमन करते हुए आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार सभी शहीदों के परिजनों को सहायता राशि देने के साथ ही उनके निवास स्थान की सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कर रही है कारगिल विजय दिवस पर कल प्रदेश के गोरखपुर कुशीनगर अयोध्या मऊ आगरा हरदोई बलरामपुर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया लोकसभा ने कल कंपनी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में कॉर्परिट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुपालन को कठोर करने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को कुछ जिम्मेदारियों को हस्तांतरित करने और कुछ अपराधों को नागरिक अपराध के रूप में परिभाषित करने का प्रावधान है विधेयक के अंतर्गत वार्षिक कंपनी सामाजिक दायित्व कोष से खर्च नहीं की गई राशि को छह महीने के अंदर प्रधानमंत्री राहत कोष जैसे कोषों में हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाया गया है विधेयक के अनुसार अगर कोई कंपनी कानून के मुताबिक अपना कारोबार नहीं करती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरोपी कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक से कंपनियों को कारोबार करना सुगम होगा उन्होंने कहा कि विवेयक में कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है कांग्रेस भाजपा टी एम सी एन सी पी और अन्य दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एन आर सी पी के अंतर्गत नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है लोकसभा में लिखित उत्तर में प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विभिन्न नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण कम करने की योजनाओं के लिए समय समय पर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिला अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं मौसम विभाग में ने राज्य में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ पीलीमीत बरेली मार्ग पर ललौरीखेड़ा पुलिस चौकी के पास कल एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है